आज लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि ई नाम किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराता है इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्यों की जानकारी और भुगतान की ऑन लाइन सुविधा भी मिलती है

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी है

श्री पुरी ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से भी प्रस्ताव भेजने को कहा गया है जिन्होंने अब तक इस बारे में प्रस्ताभव नहीं भेजे हैं सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन आर्शीवाद यात्रा के तहत आज सिवनी पहुंचे

वो भाजपा सरकार ने पंद्रह साल में किया

यह यूनिट भारत सरकार की पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई है यूनिट में विभिन्न प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट क्रियान्वित किये जा रहे है यूनिट में विभिन्न विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है अध्ययन और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप मध्यमेह जैसे रोग की रोकथाम की जा सकेगी देश में पोषण के साथ हृदय से संबंधित कार्यक्रम पूरी तरह से स्थापित नहीं है और न ही इसके ऊपर ज्यादा शोध किया गया है यूनिट के जरिये अति कुपोषित बच्चों की रक्त संबंधी और हृदय के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जोखिम मार्कर निर्धारण करने पर शोध किया जा रहा है

इसके साथ ही दो नगरीय निकायों में अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के लिये हुये निर्वाचन में खरगौन जिले के नगर परिषद करही पांडल्याखूर्द में भाजपा की आशा प्रेमचन्द्र बासुरे विजयी रहीं बालाघाट जिले की नगर परिषद लांजी में बीएसपी की मीरा नानाजी समरीते विजयी रहीं पहले भी यही अध्यक्ष थीं

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार में तेजी से विकास हुआ है वही प्रदेश के मजदूर किसान गरीब महिलाओं और युवाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये भाजपा सरकार ने कार्य किये है

श्री सिंह आज आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित गाँधी उपवन में आयोजित भाजपा की जिला स्तरीय वृहद बैठक और मार्केटिंग सोसायटी प्रेस छावनी में विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख प्रभारियों के सम्मेलन में बोल रहे थे

जिसमें एक महिला और बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई

वहीं बैतूल में भी नौ अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां शुरू होगी करूणानिधि निधन डीएमके प्रमुख और तमिलनाडू के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि का आज निधन हो गया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

इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यहां पर सहरिया आदिवासी परिवारों को उनके नए घरों में प्रवेश कराया

बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक हुई